आज हई क्विनेट की बठक के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिन ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी

यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री अखाड़ा परिषद् से वार्ता करने के बाद अंतिम फ्सला लेंगे इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिलाधिकारी के अधीन बनायी जिला स्तरीय समिति जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के प्नर्गठन और सदस्य के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया हैकि अब सांसद या केंद्र सरकार के मंत्री के नामित सदस्य और विधायक या मंत्री के नामित सदस्य भी सदस्य बन सकेंगे विधानसभा अध्यक्ष सीएम उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच उत्तराखंड भराड़ीसैंण विधानसभा में एक मार्च से आहत होने वाले बजट सत्र के संबंध में चर्चा हई

उन्होंने अपने गढ़वाल भ्रमण के दौरान क्षेत्र की जन समस्याओं के निराकरण के संबंध में भी म्ख्यमंत्री से चर्चा की और उनके समाधान का आग्रह किया

म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि इससे उत्तराखण्ड को विकास योजनाएं संचालित करने में काफी मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई में बड़ी राशि मिलने से सड़क से वंचित रह गये गांवों को सड़कों से जोड़ा जा सकेगा आपदा प्रबंधन में भी पर्याप्त धनराशि की संस्तृति की गई हण प्रतिस सम्मेलन म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा ह कि ग्रासैंण में इंडियन रिजर्व बटालियन की तीसरी यूनिट खोली जाएगी

उन्होंने कहा कि प्रदेश में एंटी ड्रग पॉलिसी लाए जाने की आवश्यकता है इसके लिए जनजागरूकता आवश्यक है मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र प्रलिस कड़ेट के लिए भी वर्दी की व्यवस्था की जाएगी उन्होंने पह्रॉलिंग बढ़ाने के लिए वाहनों की संख्या बढ़ाए जाने पर सहमति व्यक्त करते हए कहा कि आपदा द्र्घटना और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में प्लिस विभाग को हब्बी सर्विस भी उपलब्ध करायी जाएगी सीबीएसई डेटशीट केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए आज डेटशीट का ऐलान कर दिया हण सीबीएसई ने परीक्षा से तीन महीने पहले डेटशीट जारी किया है जिससे विद्यार्थियों को तघ्वारी का समय मिल सके बारहवीं की परीक्षाएं दो शिफ्टों में होंगी सुबह की शिफ्ट में इयूटी करने वाले स्कूल स्टाफ को दूसरी शिफ्ट में शामिल नहीं किया जाएगा

खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में यह सेवा मरीजों के लिए जीवनदायिनी साबित होंगी यह एम्ब्लेंस एडवांस और बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम से युक्त हैं

उन्होंने कोटद्वार से चलने वाली ट्रेन का नाम सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस और टनकप्र से चलने वाली ट्रेन का नाम पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस रखने का अन्रोध रेल मंत्रालय से किया था सांसद बलूनी ने कहा कि उनके अन्रोध पर रेल मंत्रालय ने कोटद्वार से नई दिल्ली और टनकप्र से नई दिल्ली तक दो नई जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाने की स्वीकृति दी हण मौसम प्रदेश में कल से मौसम बदलेगा

केदारनाथ और बदरीनाथ के प्नर्निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि कपाट खुलने से पहले श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण प्रकृति के सभी कार्य पूरे कर लिये जाए

इस अवसर पर जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कहा कि जल के प्रत्येक बूंद का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए इसके तहत नेहरू युवा केन्द्र एनजीओ और वालंटियर्स के माध्यम से जल संरक्षण के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और इसमें अधिक से अधिक जन सहभागिता स्निश्चित की जायेगी वेटलैंड दिवस अंतरराष्ट्रीय वेटलैंड दिवस के अवसर पर टिहरी जिले के कोटि कॉलोनी कीर्तिनगर और मुनिकीरेती में सफाई अभियान चलाया गया

दिहरी झील महोत्सव टिहरी झील महोत्सव में इस बार साहसिक खेल गतिविधियों में आर्मी बीएसएफ और आईटीबीपी प्रतिभाग करेंगे जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी उन्होने कहा कि महोत्सव को प्राकृतिक ल्क दिए जाने का भी प्रयास किया जा रहा ह जिसके तहत मुख्य पांडाल स्टेज और प्रवेश द्वार में बुरांस के फूलों से सजावट की जाएगी उन्होंने कहा कि पहाड़ की अद्भुत संस्कृति को विश्व पटल पर उभारने के लिए नए कॉन्सेप्ट पर काम किया जा रहा है इसके तहत पहाड़ी शब्बी के घर बनाकर गांव की पूरी संस्कृति और वेशभूषा को दर्शया जाएगा साथ ही बद्गी गाय खेत बड़डू की दाल और भात चूल्हे पर बनी चाय आदि के माध्यम से पर्वतीय गांवों की दिनचर्या और गतिविधियों को दर्शया जाएगा